कोरोना महामारी को देखते हुए शपथ ग्रहण व अभिनन्दन समारोह साधारण तरीके से होगा और इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन किया जाएगा प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के अलावा प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्ष ही समारोह में शामिल होंगे यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में वर्चुअल रैली के माध्यम से देखा व सुना जा सकेगा

उधर मुख्यमंत्री के उप सचिव कार्यालय की महिला कर्मी भी कोरोना पॉजीटिव पाई गई है जिसके बाद उपसचिव सहित कार्यालय के सभी कर्मचारियों को सात दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश हित के कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए विशेष तौर पर मंथन किया जाएगा उधर मंत्रिमंडल बैठक के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्र भेजकर सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरूआत हल्के बादलों के साथ हुई है हालांकि शिमला धर्मशाला कुल्लू सहित प्रदेश के कई इलाकों में देर रात हल्की बारिश भी हुई है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है आज निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

बिना कोविड टैस्ट लिए ही कर दिया रसौली का ऑप्रेशन बाद में महिला निकली पॉजीटिव शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है डाक्टर व अन्य स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया अमर उजाला की खबर है इलाज के लिए नहीं मिला पंचकूला जाने का ई पास अधरंग पीड़िता ने तोड़ा दम इसी खबर पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं इलाज के लिए लगातार तीन दिन तक परमिशन मांगती रही महिला की मौत लॉकडाउन से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है केंद्र की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार कल लेगी फैसला क्या खुलेगा क्या नहीं मंत्रिमंडल विस्तार की खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सरकार में फेरबदल की तैयारी हिमाचल दस्तक ने लिखा है नडडा सीएम में चर्चा कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक कल

हिमाचल हाईकोर्ट में जज बनी जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ दैनिक भास्कर की एक खबर है